राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर अंठानवे प्रतिशत से अधिक हुई

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जायेगा उन्होंने जोर देकर कहा कि दो स्वदेशी टीकों को पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है कोविड टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हए उन्होंने ने कहा कि चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने अतीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग उन टीकों के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक हो रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं

उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के ये अपने आपको इस बात में प्रमाणित और पुष्टि करता है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है बिहार में तिरसठ हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि टीकाकरण में बढोतरी के लिए को विन सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि जो लोग अनुपस्थित हों उनकी जगह नए लोगों को टीके लगाए जा सकें राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के लिए को विन डिजिटल पोर्टल पर अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का निबंधन शुरू कर दिया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गूलेरिया ने लोगों से कोविड टीका को लेकर फैलायी जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है

कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों की इम्पोटेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है तो एक लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है चाहे वो ट्रायल में लगा हो या वो रोल आउट में लगा हो और जो वैक्सीन यहां पर यूज हो रही हैं वो और देशों में भी यूज हो रही हैं तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस एण्ड सिग्नीफिकेंट साइड इफैक्ट हुए हैं इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन हैं जो हमारे साइंटिस्ट्स ने बनाई हैं जिसपर रिसर्चे हुई हैं जिसपर सेफ्टी ट्रायल्स हुए हैं और वो जो बाहर भी यूज होनी हैं वो सारी सेफ हैं और उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश ने जिले में पहला कोविड टीका लगवाया उन्होंने बताया कि इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है

संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख अड़सठ हजार चार सौ उनचास हो गयी कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है वर्तमान में संक्रमण की दर घटकर शून्य दशमलव दो प्रतिशत रह गयी है राज्य में कोविड उन्नीस से अब तक अंठानवे प्रतिशत से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या दो लाख पचपन हजार अस्सी हो गयी है पिछले एक सप्ताह से राज्य में शून्य दशमलव एक प्रतिशत से शून्य दशमलव चार प्रतिशत के बीच संक्रमण दर दर्ज किया गया है वहीं एक सप्ताह से कई जिलों से एक भी पॉजिटिव मामले दर्ज नहीं किये गये हैं राज्य में अब तक लगभग दो करोड़ दो लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है देश में कोविड से स्वथ्य होने की दर छियानवें दशमलव सात पांच प्रतिशत हो गई है कल उन्नीस हजार से अधिक संक्रमित व्यक्ति स्वथ्य हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक एक करोड़ दो लाख पैंसठ हजार से अधिक व्यक्ति ठीक हो चुके हैं इस समय देश में मरीजों की कुल संख्या एक लाख बानवे हजार है मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव चार चार प्रतिशत है जो वैश्विक स्तर पर काफी कम है केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का अगला दौर आज नई दिल्ली में होगा इससे पहले एकतालीस किसान संगठनों के साथ दसवें दौर की वार्ता में सरकार ने कृषि कानूनों को लागू करने पर डेढ़ साल तक की रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान संगठनों के प्रतिनिधि सभी मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं जिससे उचित समाधान निकाला जा सके कृषि विभाग ने खाद की बिक्री में अनियमितता बरतने के आरोप में राज्य के दो सौ पैंसठ खाद दुकानदारों के लाईसेंस को रद्द कर दिया है कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने बताया कि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में सात सौ पचास खाद विक्रेताओं के लाईसेंस को रद्द कर दिया गया है एक हजार पचास विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगी गयी है जबकि पचासी दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है पटना और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है राज्य के अन्य हिस्सों में भी घने कोहरे की स्थिति है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान भीषण ठंड की स्थिति से राहत के आसार नहीं हैं इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा इधर राज्य में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है कोहरे के कारण द्रश्यता घटने से रेल हवाई और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है पटना और दरभंगा हवाई अड्डे से विमानों की उड़ान के संचालन में देरी देखी जा रही है पटना हवाई अड्डे से कल कोहरे की वजह से तीन उड़ानों को रद्द करना पड़ा मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम हवा के कारण ठंड की स्थिति बनी हुई है इधर पूर्णिया को छोड़कर राज्य के सभी शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य के आस पास पहुंच गया है डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान सात दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया देश भर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती कल पराक्रम दिवस के रूप में मनायी जायेगी केन्द्र सरकार ने नेताजी के अतुल्य योगदान और निःस्वार्थ सेवा का सम्मान करने और उसका स्मरण करने और विशेषकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए हर वर्ष तेईस जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे निर्वाचन आयोग पांच जिलाधिकारियों सह निर्वाचन पदाधिकारियों को पुरस्कृत करेगा इनमें औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल खगड़िया के आलोक रंजन घोष कटिहार के कंवल तनूज गया के अभिषेक सिंह और मूजफ्फरपुर के तत्कालिन जिलाधिकारी डॉक्टर चन्द्रशेखर सिंह शामिल हैं इसके साथ ही तीन अधिकारियों को विशेष पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है जिसमें पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल पश्चिमी चंपारण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार और रोहतास के तत्कालीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंकज दीक्षित शामिल हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक एक करोड एक लाख से भी अधिक आवास को मंजूरी दी जा चुकी है इनमें से इकतालीस लाख आवास का निर्माण कार्य प्ररा किया जा चुका है जबकि सत्तर लाख आवास के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बावनवीं बैठक में एक लाख अड़सठ हजार छह सौ छह नये आवास को मंजूरी दी गई इस बैठक में चौदह राज्यों और कोन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों से इस योजना को तेजी से लागू करने को कहा उन्होंने अधिकारियों से समय पर आवासों के निर्माण का कार्य प्ररा करने और उन्हें लाभार्थियों के बीच वितरण करने को भी कहा है राज्य में ठेका लेने वाले संवेदकों को चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा यह प्रमाण पत्र संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों से जारी किया जायेगा मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों किशोरी और महिलाओं को पूरक पोषाहार के रूप में पौष्टिक आचार दिये जायेंगे आईसीडीएस के कार्यपालक निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि इसकी शुरूआत गया जिले से की जायेगी उन्होंने बताया कि बाद में राज्य में संचालित एक लाख दस हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भी इसका वितरण शुरू किया जायेगा नालंदा जिले के मत्स्य स्ट्रीट वेंडरों को साइकिल के आइस बॉक्स दिये जायेंगे जिला मत्स्य पदाधिकारी उमेश रंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत अनूदानित दर पर मछली विक्रेताओं को यह बॉक्स दिया जायेगा श्री रंजन ने कहा कि साइकिल पर सामान्य वर्ग के लोगों को चालीस से साठ फीसदी और अनुसूचित जाति तथा महिला को साठ प्रतिशत अनुदान मिलेगा राज्य परिवहन विभाग दिव्यांगों के लिए बीस लो फ्लोर बसों की खरीद करेगा इन बसों में व्हील चेयर सहित दिव्यांग सफर कर सकेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की सत्ताईस दिसम्बर को औरंगाबाद के एक परीक्षा केन्द्र की स्थगित परीक्षा चौदह फरवरी को ली जायेगी खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने उसके पास से एक देशी पिस्तौल बारह कारतूस और एक बिंदौलिया बरामद किया है गोपालगंज जिले के भोरे पुलिस ने पांच लाख के चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने उसके पास से एक वाहन भी जब्त किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर लिखा है गर्भ गृह स्थल पर नींव की खूदाई शुरू दैनिक जागरण ने पटना नगर निगम के एक निर्णय पर सूर्खी दी है होल्डिंग टैक्स में पन्द्रह प्रतिशत होगी वृद्धि दैनिक भास्कर ने शेयर मार्केट के तेजी से बढ़ने पर लिखता है रास आया बाजार रिटेल निवेशक चार दशमलव चार पांच करोड़ हुए इनमें एक करोड़ कोरोना काल में ही बढ़े आज अखबार ने राज्य में डिग्री कॉलेजों में अनुदान की प्रक्रिया बदलने पर सुर्खी दी है संबद्ध कॉलेजों की बदलेगी अनुदान प्रक्रिया और अब अंत में मुख्य समाचार देश भर में अब तक दस लाख लोगों ने कोविड का टीका लगवाया

राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर अंठानवे प्रतिशत से अधिक हुई

कल तक ठंड से राहत के आसार नहीं